मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव से आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर मतदान की होगी वेबकास्टिंग

इसके पहले आज दिन में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस और अन्य दलों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे

इन मतदान केंद्रों पर पांच करोड़ तीन लाख से अधिक मतदाता सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाल सकेंगे

वहीं कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष राहल गांधी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कई चुनावी सभाएं कीं

मतदान तैयारी प्रदेश में शांतिपूर्ण आ ोर निष्पक्ष मतदान कराने के लिये निर्वाचन आयोग बड़े पैमाने पर तैयारी की है

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने आकाशवाणी को विशेष बातचीत में बताया कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिग और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है

वे नई दिल्ली में शहरी जल प्रबंधन के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम के बारे में एक समारोह में बोल रहे थे श्री कांत ने कहा कि देश के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने का सीधा संबंध पानी के टिकाऊ इस्तेमाल से है इस अवसर पर पेय जल और स्वच्छता सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि जल राज्यों का विषय है जो जल प्रबंधन में सहयोग और उसके मालिकाना हक में बड़ा महत्व रखता है उन्होंने कहा कि जल संग्रह पानी की निकासी और जल शोधन के लिए ढांचागत व्यवस्था करना बहुत जरूरी है

डॉ गौर संविधान सभा के सदस्य और प्रदेश के पहले सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे है

दक्षिण मुंबई के पुलिस जिमखाना में आयोजित शोकसभा में महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस और महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व अधिकारियों ने भाग लिया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुम्बई हमले में मारे गए लोगों को श्रद्वांजलि दी है श्री कोविंद ने कहा है कि भारत न्याय सुनिश्चित करने और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा

इससे भारतीय इतिहास में नये युग की शुरूआत हुई इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में कहा कि संविधान की रक्षा और इसे मजबूत न्यायापालिका कार्यपालिका और विधायका की जिम्मेदारी है श्री कोविंद ने कहा कि संविधान नागरिकों सश्क्त बनाता है लेकिन उन्हें भी संविधान का पालन कर इसकी सुरक्षा करनी चाहिये और मजबूत बनाना चाहिये उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इस अवसर पर देश संविधान सभा के महान विभूतियों के योगदान को हमेशा याद करता रहेगा उन्होंने संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है वहीं भोपाल में भी मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह के उपस्थिति में मंत्रालय के समक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान में संविधान दिवस मनाया गया श्री सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की उद्देश्किा का पाठ कराया इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख जनजातीय मौजूद थे शिवपुरी चुनाव तैयारी शिवपुरी जिले की पांच विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं

इन पदकों में छह स्वर्ण चार रजत और दो कांस्य शामिल है इसी तरह शाटगन खिलाड़ियों ने चार रजत एवं दो कांस्य तथा पिस्टल खिलाड़ी चिंकी यादव ने एक कांस्य पदक मध्यप्रदेश को दिलाया है